मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि निर्माण कार्यों और गौण खनिजों के ठेके में अब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल राजभवन में रामपुकार सिंह को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी

प्रधानमंत्री भेंटवार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी से कर प्रणाली आसान हुई है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आम आदमी के फायदे के लिए बारह सौ वस्तुओं पर कर की दरें कम की हैं कल एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने वार्द को अनुसार किसानों के सभी कर्ज माफ नहीं किए हैं किसानों के कर्ज माफ किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है किसान को मजबूत बनाना बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं

जो फालतू दवाई डालता था

फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमेटिड है

मुख्यमंत्री प्रेसवार्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निर्माण कार्यो और गौण खनिजों के ठेके में अब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जगलदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि एनएमडीसी इस्पात संयंत्र में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए प्रयास किया जाएगा एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अभी दो हजार पचास रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का भुगतान किया जा रहा है आगामी बजट में ढ़ाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर भुगतान का प्रावधान होने के बाद बाकी चार सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल की राशि किसानों के खाते में आगामी मार्च अप्रैल महीने से आना शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वे माओवादियों की बजाए माओवाद प्रभावितों और सुरक्षा बल के जवानों से चर्चा करेंगे इसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी श्री बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण में स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जंगलों में फलदार पौधों के बीज का छिड़काव किया जाएगा ताकि वन्य जीव जंतुओं के अलावा वनवासियों को भी इसका लाभ मिल सके इससे पहले कल बीती शाम मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जगदलपुर पहंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो में शामिल हुए इसके बाद उन्होंने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की डीजीपी बयान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि माओवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पहले की तरह ही जारी रहेगा उन्होंने फिलहाल इसमें किसी तरह का बदलाव किए जाने से इंकार किया है आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि माओवादी उन्मूलन के नाम पर निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी डीजीर्पी ने कहा कि माओवाद समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माओवाद समस्या को बातचीत के माध्यम से खत्म करना चाहती है इसलिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि इस समस्या को लेकर माओवाद प्रभावितों आदिवासियों पत्रकारों और व्यापारियों से बातचीत की जाएगी गृह मंत्री बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पूलिस लोगों का भरोसा जीतने के साथ ही व्यावहारिक तरीके से काम करने का प्रयास करें पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए श्री साह ने कहा कि जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों पर चर्चा के साथ उनकी समस्याओं पर भी बातचीत की उज्जवला योजना उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि उज्जवला योजना दुनिया में गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है वे आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के छह करोड़वें लाभार्थी को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने खाना पकाने के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की उप राष्ट्रपति ने इस मौके पर उज्जवला योजना पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया

राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे आठ बार के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे गौरतलब है कि चार जनवरी से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है जो ग्यारह जनवरी तक चलेगा झीरम हमला एसआईटी गठित राज्य सरकार ने झीरम घाटी हमले को लेकर विशेष जांच समिति एसआईटी का गठन कर दिया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा को समिति का प्रभारी बनाया गया है वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक सुंदरराज पी सहित एमएल कोटवानी गायत्री सिंह आशीष शुक्ला प्रेमलाल साहू के अलावा सेवानिवृत्त पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा और सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन एनएन चतुर्वेदी तथा विधि विज्ञान विशेषज्ञ एमके वर्मा इस विशेष जांच समिति के सदस्य बनाए गए हैं कैबिनेट बैंक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय की मंजूरी दे दी है तीनों बैंकों के बुनियादी ढांचे और विभिन्न गतिविधियों तथा सेवाओं में तालमेल से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले एक सुदुढ़ बैंक के निर्माण में मदद मिलेगी यह विलय योजना इस साल पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्ते पहले जैसी ही बनी रहेंगी

हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के उसूर थाना अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल सर्चिंग पर निकला था इस दौरान नाड़पल्ली के जंगलों में घेराबंदी कर इस माओवादी को गिरफ्तार किया गया इसके पास से वायर डेटोनेटर पिट्ठू के अलावा टिफिन बम भी बरामद किया गया है

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरप्रीत सिंह अहलुवालिया जितेंद्र पाली एएन भक्ता सलीम काजी चंद्रेश श्रीवास्तव देवेंद्र प्रताप सिंह और रजनीश सिंह बघेल को उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है इन सभी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे मुख्यमंत्री दंतेवाडा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक की दर ढ़ाई हजार रूपये से बढ़ाकर चार हजार रूपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया गया है श्री बघेल ने कल दंतेवाड़ा में नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वनवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा उन्होंने कहा कि तेरह दिसंबर दो हजार पांच के पूर्व वन भूमि में काबिज वनवासियों को वन अधिकार पट्टा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है श्री बघेल ने चरवाहों को मानदेय देने और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने का भी भरोसा दिलाया इसरो संवाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने संपर्क कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद शुरू किया है कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो देशभर में युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करेगा कल बंग्लूरू में कार्यक्रम के उद्घाटन में चुनिन्दा विद्यालयों के चालीस विद्यार्थी और दस शिक्षकों ने इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और इससे आम आदमी को होने वाले लाभ के संबंधों में बातचीत की इसरो अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से विज्ञान और गणित का गम्भीरता से अध्ययन करने के लिए कहा जिससे वो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकें हाईकोर्ट अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने इसे खारिज कर दिया नगरीय प्रशासन समीक्षा बैठक नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए हेल्क डेस्क तैयार किया जाए आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो निकायों में अपनी समस्या लेकर आते हैं पर आवेदन नहीं लिख पाते उनके सहयोग के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए रणजी ट्रॉफी कर्नाटक के अलूर में खेले गए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में कर्नाटक ने छत्तीसगढ़ को एक सौ अंठानवे रनों से हरा दिया है कर्नाटक के तीन सौ पचपन रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम आज मैच के चौथे और अंतिम दिन संतावन ओवर में एक सौ छप्पन रन बनाकर ढेर हो गई कर्नाटक की ओर से कप्तान मनीष पांडे ने नाबाद एक सौ दो रन बनाए वहीं रोनित मोरे और श्रेयस गोपाल ने चार चार विकेट लिए छत्तीसगढ़ के लिए सलामी बल्लेबाज अवनीश धालीवाल ने इकसठ रनों का योगदान दिया